पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का भी फैसला इसी चरण में दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरपन दशमलव पांच चार प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने पर मतदान के प्रतिशत में और भी बढ़ोतरी हो सकती है सबसे अधिक लगभग साठ प्रतिशत मतदान बांका जिले में रिकार्ड किया गया वहीं सबसे कम सैंतालीस प्रतिशत वोटिंग मुंगेर जिले में हुई है निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में सबसे ज्यादा बासठ प्रतिशत मतदाताओं ने बांका जिले के धौरेया में अपने मताधिकार का प्रयोग किया

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले की दो सीटों कहलगांव और सुल्तानगंज में कुल मिलाकर चौवन प्रतिशत वोट डाले गये वहीं मुंगेर में सैंतालीस प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया लखीसराय और सूर्यगढ़ा में कुल पचपन प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं पटना जिले की पांच सीटों पर लगभग तिरपन प्रतिशत वोटिंग हुई है भोजपुर में मतदान का प्रतिशत कम रहा यहां अड़तालीस दशमलव दो नौ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं कैमूर में छप्पन प्रतिशत और बक्सर में चौवन प्रतिशत वोटिंग हुई है अरवल और जहानाबाद में चौवन प्रतिशत जबकि रोहतास में पचास प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में तिरपन प्रतिशत वोटिंग हुई है जबकि गया में संतावन प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले नवादा में भी मतदान का प्रतिशत कम रहा यहां बावन प्रतिशत लोगों ने मतदान किया जमुई में संतावन प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है इकतीस हजार तीन सौ इकहत्तर मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने एक हजार छियासठ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान पहले सम्पन्न हो गया जबकि अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय छह बजे तक निर्धारित था आज जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी राज्य सरकार के मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा प्रेम कुमार शैलेश कुमार जय कुमार सिंह राम नारायण मंडल विजय कुमार सिन्हा संतोष कुमार निराला और ब्रिज किशोर बिंद शामिल हैं भाजपा से बागी होकर लोजपा के टिकट पर लड़ने वाले राजेन्द्र सिंह विधायक रविन्द्र यादव पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी और रामेश्वर चौरसिया की भी किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कोविड उन्नीस संक्रमण के प्रकोप के बावजूद उत्साहपूर्वक आगे आकर मतदान करने के लिये बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार जताया है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा कि बिहार के लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एक उदाहरण पेश किया है आज मतदान के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट झड़प की घटनाएं भी हुई भोजपुर जिले के बड़हरा से राजद उम्मीदवार सरोज यादव और गया जिले के टेकारी से कांग्रेस उम्मीदवार सुमंत कुमार के साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया इस दौरान सरोज यादव की कार का शीशा फूट गया उधर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों की झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह चौकस रहे

मतदान करने के दौरान ब्रथ पर वे भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले फेस मास्क पहनकर पहुंचे थे रोहतास जिले के चेनारी से जदयू उम्मीदवार ललन पासवान के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है प्रथम चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पहले चरण में वोटरों के रूझान से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है जदय्र के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी एनडीए की जीत का दावा किया है इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी महागठबंधन की जीत का दावा किया है मतदान के दौरान केन्द्रों पर कोविड के लिये तय मानदंडों का सख्ती से पालन किया गया वोटरों के लिये ग्लब्स और मास्क अनिवार्य कर दिया गया था स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान केन्द्रों से जमा किये गये कोविड कचरा को जिला मुख्यालय लाया जायेगा और उसके बाद उसे नष्ट किया जायेगा चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी कोरोना संक्रमित हो गये हैं वहीं सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू भी कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इलाज के बाद कोरोना से स्वस्थ हो गये हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सात सौ अस्सी नये कोरोना मरीजों की पहचान के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौदह हजार एक सौ तिरसठ हो गयी है पटना जिले में सबसे अधिक एक सौ अठहत्तर नये मामले सामने आये हैं इधर विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के चूनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पटना मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तीन रैलियों को संबोधित किया मुजफ्फरपुर में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला किया उन्होंने बिना नाम लिये महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उनके पास विकास का कोई दृष्टिकोण नहीं है उन्होंने कहा कि यह गठबधन यदि सत्ता में आता है तो बिहार और पिछड़ जायेगा

इसके लिये उन्होंने जनता से एनडीए को वोट देने की अपील की

इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मिकी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने किसानों के साथ किये गये वायदो को पूरा नहीं किया है उन्होंने कहा कि कृषि सुधार से संबंधित जो कानून पारित किये गये हैं उनसे किसानों के अधिकारों पर हमले हुए हैं श्री गांधी ने कहा कि इसी कारण से कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीं राहुल गांधी ने दरभंगा के कुशेश्वरस्थान में रैली में आरोप लगाया कि केन्द्र की एनडीए सरकार की गलत नीतियों के कारण छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गोपालगंज जिले के कुचायकोट और कटैया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो दस लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही है वहीं अन्य प्रमुख दलों ने भी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मोतिहारी और झंझारपुर में रोड शो किया जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने भी कटिहार में एक सभा में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि राज्य की नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गोपालगंज जिले के प्रखंड कार्यालय बरौली में पदस्थापित लिपिक मोहम्मद शकील अहमद को पच्चीस हजार रूपये घूस लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का भी फैसला इसी चरण में दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज